प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह निर्णय भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में जाना जायेगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि समाज के हर वर्ग के द्वारा इस फैसले का स्वागत किया जाना इस बात का प्रमाण है कि भारत की प्राचीन संस्कृति और परंपरा सामाजिक सौहार्द की रही है श्री मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि यह समय गिले शिकवे को भूलने का है और नए भारत में भय कटुता और नकारात्मकता की कोई जगह नहीं है प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय का फैसला और करतारपुर गलियारे की शुरुआत बर्लिन की दीवार के गिरने से पैदा हुई एकता जैसा है

इसमें भारत का भी सहयोग रहा है पाकिस्तान का भी

प्रधानमंत्री ने कहा कि इसे भारत की न्यायपालिका के एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में जाना जाएगा क्योंकि इस फैसले से दशकों पुराना मामला समाप्त हो गया है और पूरे देश ने इसका दिल से स्वागत किया है फैसला आने के बाद जिस प्रकार हर वर्ग ने हर समुदाय ने हर पंथ के लोगों ने पूरे देश ने खुले दिल से इसे स्वीकार किया है वो भारत की पुरातन संस्कृति परंपराओं और सद्भाव की भावना को प्रतिनिधित्व करता है प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे नए सिरे से शुरुआत करें और यह सुनिश्चित करें कि सबका साथ सबका विकास के अनुरूप राष्ट्र के विकास में हर किसी का योगदान हो

इस मौके पर उन्होंने कहा कि धर्मगुरू हमारे पथ प्रदर्शक है देवभूमि की परम्परा के अनुरूप आपसी सद्भाव एवं भाई चारा हमारी पहचान है इस मौके पर धर्म गुरूओं ने अमन चैन आपसी सद्भाव कायम रखने के साथ ही सबका साथ सबका विकास एवं सबका विश्वास की दिशा में मुख्यमंत्री द्वारा किये जा रहे प्रयासों की सराहना की सभी ने राम जन्मभूमि के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय को ऐतिहासिक एवं समाज को जोड़ने वाला बताया राष्ट्रीय संगोष्ठी मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज देहरादून में आरोग्य भारती उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्विद्यालय एवं राज्य औषधीय पादप बोर्ड के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित लोक स्वास्थ्य परम्परा में हिमालयी क्षेत्र की वनौषधियां विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारम्भ किया इस अवसर श्री रावत ने कहा कि पूरी दुनिया में आयुष के प्रति विश्वास बढ़ रहा है इस पद्धति में साइड इफेक्ट न होने के कारण इसे विदेशों में भी अपनाया जा रहा है और वैलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशभर में विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे पाए जाते हैं और आयुष के क्षेत्र में अभी और भी शोध किए जाने की जरूरत है इसके बाद ही वैश्विक स्वास्थ्य की हमारी संकल्पना को पूर्ण किया जा सकता है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी आयुष को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है संगोष्ठी में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि उत्तराखण्ड में वनौषधियों की बहुत अधिक संभावनाएं हैं सरकार प्रदेश में ऐरोमेटिक फार्मिंग को भी बढ़ावा दे रही है इस अवसर पर आरोग्य भारती के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉ रमेश गौतम सहित अन्य प्रमुख व्यक्ति उपस्थित थे बैथीमैट्री नैनीझील नैनी झील के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए बैथीमेट्री कार्य की आवश्यक को देखते हुए जिलाधिकारी नैनीताल सविन बंसल की पहल पर विशलेषण का कार्य प्रारम्भ हो गया है राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान रूड़की के वैज्ञानिकों द्वारा नैनीझील में बैथीमैट्री विशलेषण का कार्य किया जा रहा है नैनीझील एक ओर जहां पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र है वहीं एक अत्यन्त संवेदनशील जलाशय के साथ नैनीताल नगर वासियों की पेयजल आपूर्ति का मुख्य स्रोत है जिलाधिकारी का कहना है कि नैनी झील के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए बैथीमेट्री कार्य अति आवश्यक है बैथीमैट्री के माध्यम से झील के ईकोलॉजी सिस्टम को स्थिर बनाए रखने में सहायता मिलेगी उन्होंने कहा कि विगत कई वर्षो मे नैनीझील के संरक्षण हेतु विभिन्न तकनीकी संस्थाओं द्वारा अलग अलग प्रकार से शोध एवं तकनीकी सर्वे कार्य किये गये है लेकिन बैथीमेट्री विश्लेषण पहली बार किया जा रहा है ग्रीन मैराथन हॉफ प्रदेश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने के उद्देश्य से आज वन विभाग द्वारा आयोजित ग्रीन हाफ मैराथन का आयोजन किया गया इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने झण्डी दिखाकर मैराथन को रवाना किया उन्होंने प्रतिभागियों से अनुरोध किया कि वे इस आयोजन में प्रथम द्वितीय आने के लिए नहीं बल्कि रास्ते में पड़े सिंगल यूज प्लास्टिक को भी उठाने के लिए भी दौडे ऐसा करने वाला ही सही मायने में विजेता होगा उन्होंने कहा कि पूरे देश से सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को बन्द करने का अभियान चलाया जा रहा है उसमें सभी को अपनी भागीदारी निभानी होगी मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्लास्टिक मुक्त स्वस्थ एवं सुन्दर ग्रीन दून बनाने के लिए सभी देहरादून वासियों का पूरा सहयोग मिल रहा है उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के इस्तेमाल से मानव जीवन और जीव जन्तुओं पर अनेक दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं जिसे देखते हुए प्रदेश को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए जन सहयोग के साथ ही सभी को पॉलीथीन का उपयोग न करने का दृढ़ निश्चय करना होगा मुख्यमंत्री ने गांधी पार्क में नगर निगम देहरादून द्वारा बनाये जा रहे ओपन जिम का निरीक्षण भी किया

भीमगोड़ा के नजदीक सामने से आर रही कार से बचने के दौरान उनका चालक गाड़ी से नियंत्रण खो बैठा और कार पलट गयी घटना आज सुबह की है श्री रावत नई दिल्ली से कार द्वारा पौडी में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे थे दुर्घटना के बाद श्री रावत को हरिद्वार के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनको एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर कर दिया गया द्र्घटना में उनके गनर सहित अन्य चार लोग को भी चोटें आयी है मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने दूरभाष पर श्री रावत से बात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की दुर्घटना की खबर मिलते ही प्रदेश के तमाम नेता और कार्यकर्ता उनका हाल चाल जानने अस्पताल पहुॅचे

इस दौरान उन्होंने वन स्टॉप सेन्टर में कार्यरत कर्मचारियों एवं उनके उत्तरदायित्वों की जानकारी ली उन्होनें स्टॉप सेन्टर से सम्बन्धित कर्मचारियों को कहा कि महिलाओं की सुरक्षा एवं सम्मान हेतु दी जाने वाली सुविधा पुलिस सहायता आपतकालीन सहायता स्वास्थ्य सेवाएं परामर्श कानूनी सहायता आश्रय सुविधा आदि सेवाओं का व्यापक प्रचार प्रसार ब्लाक स्तर तहसील स्तर और ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाये ताकि हिंसा से पीड़ित महिलाएं एक स्थान पर ही इसका लाभ मिल सके उन्होंने स्टॉप सेन्टर में विद्युत पेयजल सुविधा सहित अन्य समुचित व्यवस्था ठीक प्रकार से करने के निर्देश दिये

उनके देहराद्रन आगामन पर तैयारियों को लेकर आज प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अजय भट्ट की अध्यक्षता और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की उपस्थिति में रूपरेखा तैयार की गई

नशा तस्कर गिरफ्तार चम्पावत ज़िले में नशे के काले कारोबार पर रोक लगाने के उद्देश्य से चलाये जा रहे तलाशी अभियान के दौरान पुलिस को एक बड़ी सफलता हांथ लगी है

दोनो ही आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस की धाराओ के तहत मुकदमा कायम कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है